पीएम राज्यपाल सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल को मजबूत करने के लिए राज्यपालों का आहवान किया है और कहा है कि यह राज्यों के बीच भागीदारी सांस्कृतिक आदान प्रदान और जनता के बीच सम्पर्क बढ़ाता है राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन के समापन सत्र में आज श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार आम लोगों के जीवन निर्वाह को आसान बनाने के लिए काम कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक जीवन में अपने व्यापक अनुभवों से सिविक एजेंसियों और सरकारी विभागों को इस प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित कर सकते हैं उन्होंने सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालयों को विभिन्न अकादमी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करें

ब्लॉक स्तर पर असंगठित श्रमिकों को कार्ड वितरित किये जायेंगे साथ ही किसानों के लिये चना मसूर सरसों की प्रोत्साहन राशि शीघ्र ही जारी की जायेगी

पर्यावरण को लेकर भी अहम चर्चा की गई

योजना में बनाये जा रहे आवासीय शंकल में गरीब परिवारों को रियायत दी जायेगी उन्हें बाजार दर से करीब आधी कीमत पर आवास दिये जायेंगे

इस मौके पर श्रीमती महाजन ने कहा कि इंदौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इसलिये बायपास रोड को और अधिक विकसित किया जायेगा मोदी आवास जबलपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी आदिवासी महिला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि अब उसके पड़ोसियों को भी आवास मिलने की उम्मीद जाग गई है श्री मोदी आज नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे प्रधानमंत्री ने महिला से पूछा इस योजना से आपको कितना लाभ हुआ है महिला ने उत्तर दिया कि पक्के मकान का सपना इस योजना से पूरा हो गया है अब बारिश में परेशानी नहीं होती है

इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं दिव्यांग भाई बहनो और एससी एसटी ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मकान मिले यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राहुल दौरा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल मंदसौर जिले के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं इस दौरान वे पिपलिया मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे

इस सभा में दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जायेगी पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि श्री गांधी के दौरे के मद्देनजर सभी तैयारियां कर ली गई हैं कानून व्यवस्था बनाये रखने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए है

हवाई पट्टी से सभा स्थल तक ड्रोन कैमरों से भी लगातार नजर रखी जाएगी मेधावी योजना राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के हित में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन किया गया है

यह यात्रा शिवाजी नगर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से मुख्यमंत्री निवास तक निकाली गई यात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया सुरेश पचौरीनेता प्रतिपक्ष अजय सिंह सहित अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुये यात्रा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन व्यापक प्रबंध किये

यात्रा के समय रास्तों को परिवर्तित कर दिया गया था जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा पर्यावरण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस के मौंके पर आज प्रदेशभर में विभिन्न कार्यकम आयोजित किये गये राजधानी भोपाल में पर्यावरण को लेकर जनजाग्रति के अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सौर ऊर्जा से चलित इलेक्ट्रिक कार की शुरूआत की इसके साथ ही राज्य में ई वाहन के संचालन की शुरूआत हो गई है

ऐसे वाहन से पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा राज्यपाल आंनदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुये अपने संदेश में कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति छात्र छात्राओं में जाग्रति पैदा की जाये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर नागरिकों से प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिये संकल्पित होकर कार्य करने का आव्हान किया है शहडोल में जागरूकता रैली निकाली गई नीमच में वनमहोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में पॉलिथिन से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई गुना जिले में कलेक्टर ने पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुये कार्यालयों में पत्राचार करते समय पेपर के दोनों साइड का उपयोग करें और अनुपयोगी पेपरों को रि साईकल कर दोबारा उपयोग में लाने के निर्देश दिये कृषि कल्याण केन्द्र सरकार ने कृषि कल्याण अभियान शुरू करने की घोषणा की है इसमें चुने हुये गांवों के किसानों को कृषि तकनीक में सुधार और आय बढ़ाने के बारे में सलाह और सहयोग दिया जायेगा

मौसम प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से आज दोपहर के बाद कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और बुंदाबांदी होने से लोगों को राहत मिली राजधानी भोपाल में बादल छाये रहने से तापमान में मामूली सी गिरावट दर्ज की गई गुना जिले में आज शाम हल्की बूंदाबांदी होने से तापमान में मामूली गिरावट आई वहीं अशोकनगर में तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से निजात मिली

दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र की और बढ़ गया है